प्रदेश के मुख्य सचिव सत्य गोपाल और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियो की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से योजना एवं निवेश सचिव हिमांशु ग्रप्ता जबकि ओ के डी सामाजिक परिवर्तन एवं विकास संस्थान की ओर से प्रभारी निदेशक प्रोफेसर कल्याण दास ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गौरतलव है कि राज्य की पहली मानव विकास रिपोर्ट एस एच डी आर राजीव गांधी विश्व विद्यालय के सहयोग से वर्ष दो हजार पांच में प्रकाशित किया गया था आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार योजनाकारो शिक्षाविदो अन्रसंधान विद्वानों और नीति निर्माताओ को चौदह साल पहले प्रकाशित एस एच डी आर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए राज्य सरकार को लगा कि नवीनतम उपलब्ध आकड़ो का उपयोग करके दूसरा एस एच डी आर तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है

बैठक के दौरान पी ए सी अध्यक्ष ने स्पष्ट रुप से कहा कि पी ए सी नियमों के अनुसार केवल संबंधित विभाग के आयुक्त और सचिव समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के निविदा के लिए बैठक में भाग लेना है श्री इरिंग ने कहा कि आयुक्त और सचिव के पद से नीचे के किसी भी अधिकारी को विभाग की ओर से बैठक में भाग लेने की अनुमति नही होंगी लेकिन किसी पलायन के मामले में वे अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी को नही भेज सकते है

पार्टी कार्यकर्ताओ को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यान मंत्री आलो लिबांग ने समाज के संतुलन को प्रभावित करने वाले किसी भी समस्याओ का सामना करने के लिए मजबुत रहने को कहा उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान युवा ही थे जिन्होंने आजादी को प्राप्त करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया श्री लिबांग ने कहा कि उन वीर युवाओ के प्रयासो और दर्द को समझकर ही बी जे वाय एम के कार्यकर्ताओ को राज्य और राज्यवासियों के हितो के लिए कार्य करना चाहिए ईटानगर सहित राज्य के अन्य भागों मे भी क्रांति दिवस मनाया गया

इस संबंध में जिला उपायुक्त ने गणतंत्र दिवस के मुख्य स्थल इंदीरा गांधी पार्क में विभिन्न हितधारको के साथ बैठक की बैठक में श्री मलिक ने मुख्य समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा और खामियो को दूर करने के लिए सभी तैयारियो को दिए गए समय सीमा के भीतर प्ररा करने पर जोर दिया समारोह में मार्च पास्ट में सुरक्षा कर्मियो और स्कूली बच्चों समेत एन सी सी स्काउट और गाइड सहित कुल छब्बीस परेड दल भाग ले रहे है जबकि सोलह ट्रप विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे

एन एफ आर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पी जे शर्मा ने कल कहा कि इस संबंध में एलर्ट रहने के लिए सभी को पहले ही निर्देश दे दिए गए है और सभी मुख्य स्टेशनों मे संबंधित राज्य पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा पहरा दिया जा रहा है उन्होने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए कुछ आवश्यक कदम भी उठाए गए है

दो दिनो तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अनुसंधान विभाग के निदेशक बातेम पर्टिन ने पुस्तको की जरुरत और उपयोगिता पर रेखांकित करते हुए कहा कि छात्रों को पुस्तकालय का उपयोग करते हुए किताबो से दोस्ती करना चाहिए इस अवसर पर सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग के निदेशक जोतम बोरांग उपस्थित थे इस अवसर पर स्टेट सेंट्रल लाईब्रेरी द्वारा पुस्तकालय के लिए निशुल्क सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है और लोग सत्रह अगस्त तक बिना शुल्क दिए पुस्तकालय की सदस्यता ले सकते है

आज का अधिकतम तापमान इक्तीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलवस नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया